मोकामा बालिका गृह से भागी सात लड़कियों में से छह दरभंगा से हुयी बरामद

और पूर्वी बिहार में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे श्री मोदी इस अवसर पर एक बटन दबाकर चयनित एक करोड़ से अधिक किसानों के खाते में दो दो हजार रूपए की पहली किश्त भेजेंगे इस योजना के तहत आज बिहार के तिहत्तर हजार से अधिक किसानों के खाते में भी दो दो हजार रूपये ट्रांसफर होंगे इस मौके पर पटना के बामेती में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें राज्यपाल लालजी टंडन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कृषि मंत्री प्रेम कुमार शामिल होंगे किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिये अब तक राज्य में आठ लाख बयासी हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है जिसमें से एक लाख पच्चीस हजार से अधिक किसानों की सूची भारत सरकार को भेज दी गयी है इस योजना के तहत दो एकड़ तक के जमीन धारक किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपए तीन किश्तों में दिए जाने हैं यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे बैंक खाते में डाली जाएगी इस योजना से बारह करोड़ से अधिक किसान लाभांवित होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम की यह तिरपनवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा इसके अलावा आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का प्रसारण सुना जा सकता है मन की बात का मैथिली में प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है मोकामा नाजरथ शेल्टर होम से गायब सात लड़कियां में से छह को पटना पुलिस ने बरामद कर लिया है इनमें से ज्यादातर लड़कियां मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की पीड़िता हैं और चार लड़कियां मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की गवाह भी हैं इन लड़कियों को दरभंगा के सकतपुर थाना क्षेत्र के गंगौली पंचायत के एक टोले से बरामद किया गया शेल्टर होम से फरार एक लड़की का सुराग फिलहाल नहीं मिला है राज्य सरकार ने इस प्रे मामले की जांच के आदेश दिये हैं मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि मोकामा बालिका आवास गृह से लड़कियों के गायब हाने के मामले की गहनता से जांच हो रही है उन्होंने कहा कि इस मामले में डीएम और एसपी से जांच रिपोर्ट मांगी गयी है पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाने के पदुमकेर गांव में स्थित एक निजी स्कूल की लैब में प्रैक्टिकल के दौरान केमिकल ब्लास्ट होने से स्कूल के नौ बच्चे जख्मी हो गये घायल बच्चों को छितौनी गांव के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है गंभीर रूप से जख्मी तीन बच्चों को पटना रेफर किया गया है जिलाधिकारी रमन कुमार ने बताया कि मामले की जांच करायी जा रही है एयर इंडिया के मुम्बई नियंत्रण केंद्र को विमान हाईजेक करने की धमकी के बाद पटना सहित देश के सभी हवाई अड्डों को हाई अलर्ट कर दिया गया है पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था चौकस करते हुये सुरक्षा जांच में निगरानी बढ़ा दी गयी है चौसठवीं बीपीएससी सीविल सेवा परीक्षा के पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है देर रात घोषित रिजल्ट के अनुसार इस बार परीक्षा देने वाले दो लाख पंचानवे हजार से अधिक परीक्षार्थियों में से उन्नीस हजार एक सौ नौ परीक्षार्थी सफल हुये हैं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है पूर्वी बिहार में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने से पटना सहित कई इलाकों के मौसम में तेजी से बदलाव आया है और पिछले तीन दिनों से पारा चढ़ने का सिलसिला रूक गया है कल से राज्यभर के मौसम में बदलाव होने के आसार हैं मौसम विभाग ने पच्चीस छब्बीस और सताईस फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि प्री सतर्कता बरती जा रही है और लोगों के बीच इसके बारे में पूर्व सूचना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी और उप हिमालयी क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में इस सप्ताह मौसम में उतार चढाव का पूर्वानुमान है रेलवे पटना कोलकाता सहित देशभर में दस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनायेगी साल दो हजार बाईस में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने से पहले इस कॉरिडोर का निर्माण किया जायेगा इस संबंध में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिये केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति मांगी गयी है पटना में बाइक सवार चार बदमाशों ने गांधी मैदान थाना क्षेत्र की व्यस्ततम फ्रेजर रोड पर लूटपाट के दौरान पटना के व्यवसायी तैंतालीस वर्षीय पुरूषोत्तम कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी व्यावसायी शाम साढ़े सात बजे अपनी मोटरसाइकिल से डाकबंगला रोड स्थित अपनी दुकान जा रहे थे तभी अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया बीसीसीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय घरेलू टी ट्वेंटी टूर्नामेंट में बिहार की महिला अंडर नाईंटिन टीम ने लीग मैच में नागालैंड को आठ विकेट से पराजित कर दिया वहीं सीनियर टीम को हार का सामना करना पड़ा विदर्भ ने बिहार की सीनियर महिला टीम को सात विकेट से पराजित किया राज्य के उन्नीस जिलों में इंजीनियरिंग और पांच जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र दो हजार उन्नीस बीस से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है विज्ञान और प्रावैद्यिकी विभाग ने इन संस्थानों में पढ़ाई शुरू कराने और कॉलेजों के संचालन के लिये आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है आश्रय गृह से भागी सात लड़कियां छह मिलीं अखबार ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है सुर्खी दी है भारत आतंक पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में दैनिक जागरण ने पीएम के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है हमारी लड़ाई कश्मीर के लिये कश्मीरियों से नहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है फ्रेजर रोड पर लूट के दौरान मिठाई कारोबारी की हत्या अपराधियों ने सीने में मार दी गोली प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण को प्रमुखता देते हुये सुर्खी बनायी है बिहार का विकास दो अंकों में राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सीबीआई की टीम को बंधक बनाकर पीटा मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर अखबार की एक अन्य खबर है साकेत अदालत में कल से सुनवाई

मोकामा बालिका गृह से भागी सात लड़कियों में से छह दरभंगा से हुयी बरामद

और पूर्वी बिहार में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना